पाली से कांग्रेस के बद्रीराम उदयपुर से बहजन समाज पार्टी के कसु लाल मीणा और चित्तौडगढ सीट से सीपीआई के ओमप्रकाश ने नामांकन पत्र दाखिल किये इसी प्रकार पाली से गणपत सिंह राजपुरोहित जोधपुर सीट से तसलीम बाडमेर सीट से मेवाराम जालोर सीट से पुराराम ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किये

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दो स्थानों पर जन सभाए की जोधपुर के जांबा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि विश्नोई समाज को केंद्र में आरक्षण दिलाने के लिए वे प्रयास करेंगे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पार्टियों को अपने कार्यक्रम और नीति जनता के सामने रखनी चाहिए और इसके बाद जनता अपना निर्णय देती है

इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पालयट और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पाली में भी एक जनसभा को संबोधित किया

बैठक में हनुमानगढ गंगानगर चूरू और बीकानेर के जिला कलेक्टरों पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया और अपने अपने जिलों की चुनाव तैयारियों का ब्यौरा दिया श्री आनंद कुमार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने तथा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालना कराने के निर्देश दिए उन्होंने आज बीकानेर में स्वीप के तहत आयोजित वोट परेड को संबोधित किया उन्होंने लोगों को मतदान की शपथ दिलायी

उन्होंने मतदान से पहले पोलिंग स्टेशनों तक वोटिंग वीवीपेट मशीनों के वितरण के बारे में भी पूरी जानकारी अधिकारियों से ली

टोंक के देवली उपखंड में स्वीप के तहत स्काउट और गाइड्स को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई और मोकपोल किया गया उनियारा उपखंड के एक स्कूल में स्वीप के तहत फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया जिसमें खिलाड़ियों को ईवीएम और वीवीपेट की जानकारी दी गई नागौर में मतदाता जागरूकता को लेकर काफी विद कलेक्टर कार्यक्रम आयोजित किया गया स्वीप कार्यक्रम के तहत नागौर सदर थाना के बाहर मतदान संकल्प बोर्ड लगाया गया जिसमें मतदाताओं ने मतदान अवश्य करने और मतदान कराने की शपथ ली जिले के मकराना के मनाना गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली हरसोर और मुंडेलपुरा में वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन किया गया

आयोग के सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी कमेटी के पास आकर अपनी परेशानियां बता सकते हैं आयोग की भर्तियों से जुड़े कई मामले अदालतों में विचाराधीन होने के कारण परिणामों में विलम्ब हो रहा है इसे देखते हुए आयोग ने इस कमेटी का गठन किया है कमेटी अभ्यर्थियों के नाम पिता का नाम आयु पता वर्ग विषय परिवर्तन में गलतियों में संशोधन के लिए शिकायतों का निवारण करेगी ताकि इसके लिए अभ्यर्थियों को अदालत की शरण नहीं लेनी पड़े

इससे पहले उनकी पार्थिव देह आज उनके गांव पहुंची रणजीत गुर्जर मऊ में सेना की पांच ग्रेनेडियर में तैनात थे मऊ के बेरछा हेमा रेंज में र्सना के युद्वाभ्यास के दौरान अचानक मोर्टार फटने से रणजीत सिंह तथा अन्य सैनिक उसकी चपेट में आकर घायल हो गये और उपचार के दौरान वे शहीद हो गये

विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि पानी के द्रूपयोग को रोकने के लिए सभी के टैंकरों पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा तथा उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जो संबंधित क्षेत्र के सहायक अभियंता और तहसीलदार से अनुमोदन के बाद ही वंचित क्षेत्रों में जलापूर्ति शुरू करेगी

निदेशालय ने सीबीआई की एफआईआर और आरोपपत्र के आधार पर सिंडीकेट बैंक और अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की थी

इस फार्म को वेतनभोगी वर्ग द्वारा भरा जाता है

अदालत ने कहा कि याचिकांकर्ता पहले उच्च न्यायालय में अपील करे

ये दोनों डिग्गी में नहाने गये थे ्सीकर की क्रषि उपज मंडी में प्याज बेचने के लिए आए किसान की प्याज के बोरों के नीचे दब जाने से मौत हो गई ्पाली के सोजत थाना इलाके के सियात कस्बे के पास एक जीप के असंतुलित होकर पेड़ से टकरा जाने के कारण दो लोगों की मौत हो गई हादसे में दो गंभीर रूप से घायल हो गए

प्रशासन ने अवैध रूप से प्रतिबंधित कैरी बैग रखने के मामले में व्यापारियों पर जुर्माना भी लगाया ्र प्रतापगढ में कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गंधेर गांव के एक खेत में साऐ चार क्विंटल डोडा चूरा जब्त कर ऐक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है

राजधानी जयपुर में शाम होते होते मौसम सुहावना हो गया और कुछ स्थानों पर हल्की ब्रेदाबांदी हई टोक सवाईमाधोप्र और नागौर में दिनभर तेज गर्मी और ध्रप के बाद तेज आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी से मौसम बदल गया राज्य के कुछ अन्य जिलों से भी तेज धूल भरी आंधी के साथ बादल छाने और गरजन के साथ बौछार होने के समाचार भी मिले हैं